उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल रात संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पचहत्तर वर्ष पूरे होने का अवसर वैश्विक बहपक्षीय प्रणाली में सुधार का संकल्प लेने का अवसर है ताकि इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़े और यह मानव केंद्रित हो सके श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कार्यसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सविघाओं के कारण भारत में कोरोना से मृक्त होने की दर काफी अच्छी है श्री मोदी ने कहा कि आयष्मान भारत योजना द्निया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रुप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है श्री मोदी ने कहा कि इस क्रम में भारत ने डेढ सौ से ज्यादा देशों को चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई है प्रधानमंत्री ने भारत में समावेशी विकास के लिए किए गए प्रयासों की भी चर्चा की श्री मोदी ने कहा कि पिछले पाँच वर्षो के दौरान ग्यारह करोड से अधिक परिवारों में शौचालय बनाए गए जिससे ग्रामीण स्वच्छता अडतीस प्रतिशत से बढकर सौ प्रतिशत हो गई प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले छह वर्षो में सरकार ने चालीस करोड लोगों के बैंक खाते खलवा कर उन्हें बैंक सेवा से जोड दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में भारत में कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष तीन करोड़ अस्सी लाख टन की कमी आई है इसके लिए गांवों में बिजली पहुंचाई गई है आठ करोड गरीब परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है और ऊर्जा बचत के अन्य उपाय भी शुरु किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी के दौरान आज और कल प्रदेश में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं उन्हॉने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को अभियान की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को सफल बनाने में जन सहमागिता अत्यंत आवश्यक है इसलिए लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए उन्होंने कहा कि घर घर जाकर सर्वे करने वाली मेडिकल टीम को अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण की आशंका दिखे तो उसका रैपिड एन्टीजन टेस्ट जरूर किया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधों के दौरान बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर न निकलें राज्य सरकार ने कल रात से पचपन घंटे के लिए प्रतिबंध लाग किए हैं जो सोमवार सवेरे पांच बजे तक लाग रहेंगे इस प्रकार के प्रतिबंध हर सप्ताहंत लगाए जाएंगे समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को हर हाल में रोका जाये उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रमुख संस्थानों एसजीपीजीआई केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गयी है जिसकी मदद कोरोना के संक्रमण को रोकने में आ रही किसी भी समस्या को हल करने में ली जानी चाहिए पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागु होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खुलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी केन्द्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नये नियमों का पालन करें ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक टवीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय जो हँडसेनेटाइजर का प्रयोग करें और चेहरे को न छ्ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में प्रवेश के लिये इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत अंक की शर्त नहीं होगी आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डों की बारहवीं की परीक्षा आंशिक रुप से रद्द किए जाने को देखते हए यह निर्णय लिया गया है